श्री जेटली ने कहा कि समाज के कमजोर वर्गो को भी औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल करने की सुनिश्चित व्यवस्था की दृष्टि से वित्तीय समावेशन भी अहम फैसला था नोटबंदी के दो वर्ष पूरे होने के मौके पर श्री जेटली ने फेसबुक पोस्ट में कहा कि सरकार का पहला लक्ष्य देश के बाहर से काला धन वापस लाना और देश के भीतर टैक्स का भूगतान करके काले धन को सफेद करना था उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से नगदी पर आधारित है और नोटबंदी से लोगों को नगद राशि बैंकों में जमा करानी पड़ी श्री जेटली ने कहा कि जमा की गयी और लोगों के पास मौजूद नगदी का पता लगने से सत्रह लाख बहत्तर हज़ार खाताघारी संदेह के दायरे में आ गये जिनसे ऑनलाइन जवाब मिल चुका है श्री जेटली ने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी लागू होने से नगदी लेन देन काफी हद तक कम हो गया अर्थव्यवस्था औपचारिक हो जाने से करदाताओं की संख्या बढ़कर एक करोड़ बीस लाख हो गयी जबकि जीएसटी लागू होने से पहले इनकी संख्या कुल चौंसठ लाख थी वित्त मंत्री ने बताया कि नोटबंदी के असर से व्यक्तिगत आयकर की वसूली भी बढ़ी है वित्त वर्ष दो हजार अट्ठारह उन्नीस में इकतीस अक्टूबर तक इसमें बीस प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई निगमित कर वसूली में भी उन्नीस प्रतिशत से ज्यादा की वसूली हुई श्री जेटली ने बताया कि दो हजार सत्रह अट्ठारह में दाखिल की गयी टैक्स रिटर्न की संख्या छह करोड़ छियासी लाख हो गयी जो पिछले साल के मुकाबले पचीस प्रतिशत ज्यादा रही उधर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा है कि नोटबंदी का असर हर व्यक्ति पर पड़ा चाहे वह किसी भी आयु धर्म व्यवसाय या जाति का है एक बयान में श्री सिंह ने कहा कि छोटे और मझोले व्यापार भारत की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग हैं और वे नोटबंदी से लगे झटके से अभी तक नही उबरे हैं वस्तु और सेवा कर जीएसटी से ऐसे अनेक सूक्ष्म लघु और मझोले उद्यमों को औपचारिक क्षेत्र में शामिल करने में मदद मिली है जो पहले अनौपचारिक क्षेत्र में थे आकाशवाणी को दिये गये विशेष साक्षात्कार में सूक्ष्म लघु और मझोले उद्यम मंत्रालय में सचिव अरुण कुमार पांडा ने बताया कि इन उद्योगो से रोजगार के सबसे ज्यादा अवसर मिलते हैं अभी तक एक करोड़ से ज्यादा उद्यम जीएस टी नेटवर्क में रजिस्टर हो चुके हैं भारत ने चीन में कृषि उत्पादों दवाओं सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं और पर्यटन बाजार में व्यापक पहुंच बढ़ाने की मांग की है वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि इसका उद्देश्य पड़ोसी देश के साथ बढ़ते व्यापार घाटे को पाटना है शघाई में वाणिज्य सचिव अनूप वधावन और चीन के वाणिज्य उपमंत्री वांग शाउवेन के बीच हुई बैठक के दौरान इन मुद्दों पर चर्चा हुई वाणिज्य सचिव ने कहा कि इन सभी क्षेत्रों में भारत ने अपनी उत्कृष्टता और ताकत साबित कर दी है इसे देखते हुए चीन के साथ आपसी व्यापार में भारत की महत्वपूर्ण वैश्विक मौजूदगी को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है उत्तर भारत में दिवाली के बाद विभिन्न इलाकों में वायु गुणवत्ता की स्थिति बहुत गंभीर हो गई है आज सुबह उत्तर प्रदेश में लखनऊ और मुरादाबाद तथा बिहार की राजधानी पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक चार सौ से अधिक रहा दिल्ली आगरा गाजियाबाद और फरीदाबाद में वायु गुणवत्ता बहुत ही खराब थी

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में खुदाई सहित सभी निर्माण कार्यो पर शनिवार तक रोक लगा दी गई है दीपावली पंचमहापवों की श्रृंखला का चौथा पर्व अन्नकूट आज प्रदेश भर में हर्षोल्लास के वातावरण में श्रद्वापूर्वक मनाया जा रहा है वनवास के दौरान चौदह वर्ष विषम परिस्थितियों में रहे भगवान श्री राम के अयोध्या वापस आने की खुशी में दीपावली के दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को छप्पन प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाकर उन्हें तृप्त करने की परम्परा है अयोध्या सहित अन्य कई स्थानों पर मंदिरो में आज अन्नकूट महोत्सव मनाया जा रहा है जौनपुर जिले में गोमती नदी के सूरज घाट पर अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया छप्पन प्रकार के व्यजनों का भोग लगाने के बाद भक्तों के बीच प्रसाद वितरित किया गया उधर मथुरा में भारी संख्या में श्रद्वालुओं ने आज गिरि गोवर्धन की परिक्रमा और पूजा की भक्तों ने दूध से गिरिराज का अभिषेक किया रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा कल गोण्डा जंक्शन पर आयोजित होने वाले समारोह में गोण्डा बहराइच आमान परिवर्तित रेल खण्ड पर बड़ी लाइन के संचालन का हरी झप्डा दिखाकर शुमारम्म करेंगे पूर्वोत्तर रेलवे के प्रवक्ता ने बताया है कि नवआमान परिवर्तित रेलखण्ड के उद्घाटन के बाद दस नवम्बर से इस ट्रैक पर तीन जोड़ी नियमित डेमू गाड़ियों का संचलन शुरू हो जायेगा